जालौर जिले में तीन स्थानों दालोर आहोर और भीनमाल बीकानेर जिले में एसडीएम जिला अस्पताल नोखा और श्रीडूंगरगढ़ सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर और हिंगोटिया हनुामनगढ़ जिले में जिला अस्पताल जंक्शन और गोलुवाला और झालावाड़ जिले में झालावाड मेडिकल कॉलेज रायपुर और धनवाड़ा में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है श्रीगंगानगर बांसवाड़ा बारां और करौली में भी ड्राय रन के समाचार है

डॉक्टर हर्षवर्धन तमिलनाडु में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिवसीय दौरे पर हैं उन्होंने चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में टीकाकरण की तैयारियों को देखने के बाद संवाददाताओं को कहा कि सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है

शेष जिलों में सौ से कम मामले आए वहीं दो जिलों चूरू और जैसलमेर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

इधर जयपुर में यूके से लौटी एक युवती में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है

किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में आठवें दौर की बातचीत होगी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने चार जनवरी को हुई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन तीन कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करें लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी

प्रदेश में सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज कृष्ठ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्जे की गई पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में पारा दो डिग्री सैल्सियस पर पहुंच गया है

मौसम विभाग ने आज जयपुर भरतपुर और कोटा संभागों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है